जमशेदपुर में प्लाजा थिरैपी से शुरू हआ कोरोना मरीजों का इलाज

राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर ग्यारह हजार तीन सौ छियासठ हो गई है अभी राज्य में कोराना के छह हजार नौ सौ तेरह सक्रिय मामले हैं और चार हजार तीन सौ तैतालीस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हए हैं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढकर एक सौ दस हो गई है राज्य में दो लाख चौरानबे हजार से अधिक नमनों की जांच की गई है अभी राज्य में सबसे अधिक दो हजार उनचालीस कोरोना के मामले रांची जिले में हैं इसके बाद एक हजार आठ सौ सैतालीस मामले पूर्वी सिंहभूम जिले में हैं वहीं केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार अब कंटेनमेंट जोन को चौदह दिन में कोरोना मुक्त घोषित कर दिया जाएगा कंटेनमेंट जोन में कोरोना का नया केस मिलने के बाद अठाइस दिनों तक इंतजार किया जाता था और कोई नया केस नहीं मिलने पर उस क्षेत्र को कोरोना मुक्त घोषित किया जाता था अब केंद्र सरकार ने अठाइस दिन की समय सीमा घटाकर चौदह दिन कर दी है उधर मुख्यमंत्री आवास में दो कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इसके बाद से मुख्यमंत्री आवास में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री के एक आप्त सचिव और मुख्यमंत्री आवास के एक वाहन चालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वाहन चालक मुख्यमंत्री आवास में ही रहते हैं और तबीयत खराब होने पर उनकी जांच कराई गई रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री आवास के पचास कर्मचारियों की जांच की गई है इनकी रिपोर्ट आज आएगी मुख्यमंत्री के आप्त सचिव पहले से ही होम कोरेंटीन में थे

गृह मंत्रालय ने इस बारे में नये दिशा निर्देश बुधवार को जारी किये थे जो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श से तैयार किये गये हैं कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों की राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी और इनमें महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाई गयी पाबंदियों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय कंटेनमेंट जोन के सही तरीके से निर्धारण और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा रोकथाम के उपायों की निगरानी करेगा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ गतिविधियों पर रोक या ऐसी पाबंदियां लगा सकते हैं जो वे जरूरी समझते हैं लेकिन एक राज्य र्स दूसरे राज्य में या एक ही राज्य के भीतर लोगों या सामान के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी विधि विभाग द्वारा झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश दो हजार बीस राजभवन भेज दिया गया है राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे सरकार राज्य में लागू कराएगी इस अध्यादेश के तहत मास्क नहीं पहनने और अन्य नियमों के नहीं मानने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि अध्यादेश के नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है नियमावली में मास्क नहीं पहनने या दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर अलग अलग जुर्माना और सजा का प्रावधान होगा जमशेदप्र ब्लड बैंक में प्लाज्मा दान की शुरुआत हो गई है टाटा मुख्य अस्पताल के महाप्रबंधक डॉ राजन चौधरी ने बताया कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है वैसे स्वस्थ हए लोग प्लाज्मा दान कर सकते हैं

कई मरीज एक पैकेट अर्थात एक डोज में ठीक हो जाते हैं और कई गंभीर कोरोना मरीज को दो डोज देने पड़ते हैं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

यह प्रतिबंध माल दुलाई के लिए संचालित की जाने वाली उड़ानों और नागर विमानन महानिदेशलय द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर लागू नहीं होगा महामारी के दौर में यात्रियों को धीरे धीरे आवागमन की सुविधा प्रदान करने के प्रयासों के तहत अमरीका फ्रांस और जर्मनी के साथ सीमित संख्या में विशेष विमान सेवा चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट बबल नाम के समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं इस तरह के दोतरफा समझौतों में दोनों देशों के बीच कुछ शर्तों के साथ विमान सेवाएं संचालित करने की इजाजत दी जाती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम साढे चार बजे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित करेंगे इस अवसर पर वे विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगे

मानव संसाधान विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित हैकाथॉन का यह चौथा संस्करण है इस हैकाथॉन से युवाओं में लीक से अलग हटकर सोचने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित करने में अपार सफलता मिली है

पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा में नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने फिर नाकाम कर दिया है

पुलिस पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए सीरीज में लगाये गए लैंडमाइंस को बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने कहा कि जिला पुलिस सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के संयुक्त प्रयास से ये सफलता मिली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में मोबाइल टेलीफोन प्रणाली के पच्चीस साल पूरे होने पर दरसंचार उद्योग को बधाई दी है द्रसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफें इंडिया ने इस अवसर पर देश की डिजिटल उड़ान नाम का एक विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए दूरसंचार विभाग दूरसंचार कंपनियों और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के योगदान की सराहना भी की है उन्होंने कहा है कि पच्चीस साल पहले टेलीफोन संपर्क विशेष लोगों को ही उपलब्ध था जबकि आज यह आम आदमी के सशक्तीकरण का माध्यम बन गया है प्रधानमंत्री ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र की उपलब्धियां सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और जनधन आधार तथा मोबाइल फोन को आपस में जोडने के अभियान जैम के अनुरूप हैं खूंटी जिले के सुदूरवर्ती सरजमा के सरकारी विद्यालय में गांव के किसानों को ऑनलाइन एथनोवेट प्रशिक्षण दिया गया इसमें किसानों को पशुओं में होने वाले रोग और उनके प्राकृतिक इलाज की जानकारी दी गई

जम्मू कश्मीर निरन्तर परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसमें केन्द्र सरकार की योजनाए सहयोगी बनी हई हैं इस केन्द्रशासित प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के जरि विकास की रफ्तार बढाने के लिए केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है इस दिशा में बिजली के खम्बों को बदलने से शुरूआत की जा रही है जिस पर लगभग नब्बे करोड रूपये खर्च किए जाएंगे केन्द्रीय बिजली मंत्रालय इस परियोजना को मंजूरी दे चुका है

मौसम विज्ञान विभाग ने अगस्त और सितंबर महीने में भी मानसुन के सामान्य रहने का पुर्वानुमान लगाया है

अगले वर्ष इकतीस मार्च तक पूरे देश को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के दायरे में लाया जाएगा